राजद ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए चौबीस घंटे का दिया अल्टीमेटम

महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत बेनतीजा रही है कल देर रात तक घटक दलों के शीर्ष नेताओं की बातचीत का दौर जारी रहा लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बन सकी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहयोगी दलों ने संभावित सीटों की सूची कांग्रेस को सौंप दी है और अंतिम फैसले के लिए पार्टी को चौबीस घंटे का अल्टीमेटम दिया है यदि कांग्रेस इस सूची पर तय समय सीमा के भीतर अंतिम फैसला नहीं करती है तो कांग्रेस के लिए आठ सीटें छोड़कर सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे इधर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि सीटों की संख्या को लेकर विवाद है इसलिए घोषणा होने में देरी हो रही है

अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पर्चा भरने का काम भी शुरू हो जायेगा इस चरण में तेरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संतानवे सीटों के लिए अठारह अप्रैल को मतदान होना है बिहार में इस चरण के तहत किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों के लिए वोट डाले जायेंगे दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख छब्बीस मार्च है अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी उम्मीदवार उनतीस मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे चुनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है आयोग उन कार्यक्रमों पर विशेष रूप से नजर रख रहा है जहां राजनीतिक दल नेता पदाधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका होगी आयोग ने खास तौर पर झुग्गी बस्तियों अनधिकृत कॉलोनियों बड़े होटलों और फार्म हाउस जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले होली मिलन कार्यक्रमों पर खुफिया टीमों की तैनाती की है होली के नाम पर अवैध शराब ड्रग्स पैसे हथियार या किसी अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर आयोग की कड़ी नजर है लोकसभा चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग ने एयर इंटेलिजेंस टीम का गठन किया है पटना और गया हवाई अड्डे पर टीमों की तैनाती की गयी है वहीं आर्थिक रूप से संवेदनशील शहरों में जिलास्तरीय विजिलेंस के साथ साथ क्विक रिस्पॉस टीम की भी तैनाती की गयी है चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने निजी आवास में किसी दल या प्रत्याशी विशेष के प्रचार से संबंधित पोस्टर बैनर लगाने के लिए संबंधित उम्मीदवारों से लिखित अनुमति लेनी होगी इस पर आने वाला खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा वहीं उम्मीदवार भी किसी निजी मकान में बिना मकान मालिक की अनुमति के बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं आयोग ने कहा है कि बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर आचार संहित उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा

इन जवानों की प्रतिनियुक्ति गया नवादा औरंगाबाद और जमुई लोकसभा क्षेत्रों में की गयी है जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है लेकिन पार्टी सिम्बल देना शुरू कर दिया है सूत्रों ने बताया कि पूर्णिया के निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को सिम्बल मिल गया है वे आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे लोक जन शक्ति पार्टी आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है पार्टी संसदीय बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि जमुई से चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे वहीं हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर और वैशाली से सांसद रमा सिंह का टिकट इस बार कट सकता है सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक को बर्बर और हृदयहीन अपराध बताते हुए कहा कि इसके लिए दोषियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है

पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध से पीड़ित को जो आघात पहुंचता है उसकी भरपाई दोषियों को सजा देने या फिर किसी मुआवजे से नहीं की जा सकती है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयों से अपने क्षेत्र के दो गांवों को गोद लेकर उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करने को कहा है श्री टंडन ने सभी कुलपतियों को आदेश दिया है कि वे अधिक से अधिक समय विश्वविद्यालय मुख्यालय में दें क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों से निपटा जा सकता है पासपोर्ट की तर्ज पर अब लोगों को एक अप्रैल से डाक से ड्राईविंग लाईसेंस मिलने लगेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आवेदन में फर्जी पता देने की प्रवृति पर रोक लगेगी और लोगों को बार बार परिवहन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा राज्य में तीस जनवरी को हुई आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा रद्द कर दी गयी है श्रम संसाधन विभाग ने परीक्षा केन्द्रों पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया इससे पूर्व भी इकतीस जनवरी की परीक्षा रद्द कर दी गयी थी अब ये दोनों परीक्षाएं फिर से आयोजित की जायेंगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत पच्चीस मार्च को इक्कीस आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगी

प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लघ् सिंचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता अवधेश प्रसाद सिंह की मुजफ्फरपुर स्थित करोड़ों रूपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है पूर्व में भी उनकी कई संपत्तियां जब्त की जा च्रकी है वर्ष दो हजार आठ में अवधेश प्रसाद सिंह के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों रूपये की चल अचल संपत्ति का पता चला था नवादा जिले में हरदिया पंचायत के चोरडीहा जंगल में कोबरा जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है पुलिस अधीक्षक अभियान कुमार आलोक ने बताया कि मृत नक्सली की पहचान कारू अगेरी के रूप में की गई है उसके पास से एक रायफल भी बरामद की गई है होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है यह ट्रेन बाईस मार्च को मुम्बई से और वापसी में तेईस मार्च को पटना से खुलेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा भागलपुर खगड़िया और वैशाली जिले से लाखों रूपये मूल्य की शराब के साथ सत्रह तस्करों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकसूसपुर मुहल्ले में पुलिस ने अवैध लॉटरी छपाई प्रेस का उद्भेदन करते हुये छह धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया हेमन ट्राफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में भागलपुर की टीम ने पूर्णिया को पराजित कर सुपर लीग के मुकाबले में अपनी जगह बना ली है

आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान लिखता है माया अखिलेश ने कांग्रेस से पूरी तरह किनारा किया दैनिक जागरण की सुर्खी है महागठबंधन में सुलह के रास्ते बंद आज आर पार प्रभात खबर ने लिखा है बातचीत बेनतीजा कांग्रेस को चौबीस घंटे में निर्णय लेने का अल्टीमेटम दैनिक भास्कर लिखता है पहले दिन औरंगाबाद सीट से एक ने भरा पर्चा छुट्टियों के कारण इक्कीस से चौबीस मार्च के बीच नहीं होगा नामांकन राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मनोहर पर्रिकर पंचतत्व में विलीन आज लिखता है भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

राजद ने कांग्रेस को फैसला लेने के लिए चौबीस घंटे का दिया अल्टीमेटम